कोरोना के सर्वाधिक सक्रिय मरीजों के अनुपात में झारखंड पूरे देश में पांचवे स्थान पर पहुंचा

भाकपा माओवादी के तीन नक्सलियों को गुमला पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार नक्सलियों के पास से लेवी के एक लाख पचासी हजार रुपये नगद बरामद कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

रांची के उपायक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं विभिन्न स्कूलों के संचालक उपस्थित हए बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न स्कूल संचालकों से अभ्यर्थियों के बैठने आदि व्यवस्था को लेकर जानकारी ली

परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था कर ली जाएगी कोरोना के सर्वाधिक सक्रिय मरीजों के अनुपात में झारखंड पुरे देश में पांचवे स्थान पर पहंच गया है

देश में सिर्फ चार राज्यों में यह अनुपात झारखंड से अधिक है इनमें महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पंजाब तथा मध्य प्रदेश शामिल हैं इन राज्यों के बाद सबसे अधिक सक्रिय अनुपात झारखंड का हो गया है

झारखंड सहित एक दर्जन राज्यों में यह रेशियो पांच से अधिक है झारखंड में कोरोना तेजी से फेल रहा है कोरोना का संक्रमण तेजी से राज्य के सरकारी विभागों में पहुंच रहा है

कोरोना संक्रमण का खतरा गढ़वा जिले में बढ़ता जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से संक्रमण के खतरे को देखते हुए विशेष सतर्कता के निर्देश दिये गये हैं पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट

धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जांच के दौरान क्लीनी लैब को संचालित होते पाया गया और इसे तत्काल सील कर दिया मामले में संचालक सहित तीन अन्य कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है उपायुक्त ने जांच घर के संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया है छापेमारी के दौरान यह पता चला कि कोरोना पॉजिटिव के साथ आम लोगों की भी सीटी स्कैन एक्सरे समेत अन्य जांच की जा रही थी इस संबंध में डीसी उमाशंकर सिंह ने बताया कि लैब की और से सरकार के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं चेतावनी देने के बावजूद लैब संचालक ने नियमों को दरकिनार किया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की यहां सीटी स्कैन और एक्सरे तक की जा रही थी लेकिन उन पॉजिटिव मरीजों की जानकारी प्रशासन को नही दी जा रही थी रांची के उपायुक्त छविरंजन ने राजधानी वासियों से कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें कई जगह यह अफवाह फेलाई जा रही है कि रविवार को बाजार द्वकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे जिला प्रशासन द्वारा इन अफवाहों का खंडन किया गया उपायुक्त ने कहा कि ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करें कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर लातेहार के उपायुक्त अबु इमरान ने जूम एप्प के माध्यम से बैठक की बैठक में उपायुक्त द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार एवं राज्य के बाहर से आने वाले श्रमिको का शत प्रतिशत कोरोना जांच एवं होम क्वारंटाइन करवाने को लेकर चर्चा की उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बाहर से आने वाले श्रमिको का कोरोना जांच करवाते हुए उन्हें होम क्वारंटाईन में रखा जाये सभी रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर कोरोना जांच करवाने को लेकर सिविल सर्जन को मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया है

चुनाव आयोग ने कहा है कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है इसी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है

चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के दौरान लोगों को कोविड दिशा निर्देश का पालन करना होगा इस दौरान लोगों को बूथ पर प्रशासन की ओर से तय की गई दूरी मास्क सैनिटाइजर के साथ ही वोट देने दिया जायेगा इसके पहले मतदाताओं की जांच भी थर्मल स्कैनर से की जायेगी

जो कोविड संक्रमण के मद्देनजर दिये गये हैं

वन विभाग के मामले का निस्तारण न्यायिक दंडाधिकारी एम जेड तारा ने किया जिसमें छह मामले का निस्तारण किया गया

बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि अवैध बालू उत्खनन और दलाई मामले में पुलिस अभियान चलाती हैं इसी अभियान के क्रम में दशम फॉल थाना क्षेत्र से अवैध बालू लदे सात हाईवा को पुलिस ने जब्त किया सभी जब्त बालू लदे हाइवा बगैर चालान के बुंडू अनुमंडल क्षेत्र से रांची की ओर जा रहे थे बुंडू अनुमण्डल के सोनाहातू कांची नदी दशम फॉल समेत अन्य इलाकों के बालू घाटों से बालू माफिया अवैध उत्खनन कर बगैर चालान के ही चोरी छपे बालू का उठाव करते हैं ऐसे में पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर इन इलाकों में अचानक छापामारी अभियान चलाया बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि इस मामले में सभी हाईवा मालिक और बालू माफियाओं से पूछताछ की जायेगी पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी वाहन और वाहन मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी केंद्रीय सरना समिति ने सरहुल पूजा महोत्सव कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है

केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हए समाज हित में विभिन्न सरना समिति एवं जिला प्रशासन की बैठक में शोभायात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है ग्मला पुलिस ने भाकपा माओवादी के तीन नक्सलियों को चैनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है नक्सलियों के पास से एक लाख पचासी हजार रुपये नगद बरामद किया गया है पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने कहा कि ड्मरी थाना क्षेत्र के नवगाई डैम का नहर का मरम्मती का कार्य एक कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही है जिससे भाकपा माओवादियों के द्वारा दो लाख रुपये की मांग की गई थी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चैनपुर ब्लॉक बोर्ड के पास चेक नाका लगाकर वाहनों की जांच की जिसमें दो युवकों के पास से एक लाख पचासी हजार रुपये बरामद किया गया पुलिस दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर एक घर में छापामारी की जहां से लेवी के पैसे भी मिले पुछताछ के बाद पता चला कि यह पैसा नक्सलियों को पहुंचाने के लिये लाया गया था